उन्होंने श्री मोदी को अगली सरकार बनने तक कार्यभार संभालने को कहा है लोकसभा चुनाव नतीजों में भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा

आज शाम एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक होगी जिसमें श्री मोदी को औपचारिक तौर पर संसदीय दल का नेता चुना जाएगा कांग्रेस बैठक लोकसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई है नईदिल्ली में होने वाली इस बैठक में हार के कारणों पर मंथन किया जायेगा बैठक में पार्टी के तमाम आला नेताओं के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे उधर हार से हताश पार्टी नेताओं में इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एचके पाटिल ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए राज्य कांग्रेस प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया वहीं उत्तरप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे दिया है वहीं ओड़िसा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है

बताया जा रहा है कि तक्षशिला अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल में आग लगी थी जिसमें एक निजी डांस क्लास चल रही थी उसमें करीब पचास छात्र छात्राएं भाग ले रहे थे आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है इस बीच राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रुपये की तत्काल सहायता देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है कार दुर्घटना इंदौर की सांवेर तहसील में कल एक कार में दम घूटने से तीन भाई बहन की मौत हो गई यह तीनों कार में खेल रहे थे उसी दौरान अंदर से दरवाजा बंद कर लिया जो बाद में उनसे नहीं खुला करीब दो घंटे बाद वहां से गुजरते कुछ लोगों ने कार के अंदर बच्चों को देखा तीनों बेसुध थे लोगों ने कार का ताला तोड़कर दरवाजा खोला और बच्चों को लेकर अस्पताल पहंचे जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया मरने वालों में चार और पांच साल की दो लड़किया और दो साल का एक लड़का शामिल है दूसरी दुखद घटना दमोह जिले में सामने आई जहां हटा थाना क्षेत्र के रशोता गांव में तालाब में तीन बच्चों के शव बरामद हुए हैं

बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चे गांव में एक शादी में शामिल होने आए थे अभी साफ नहीं हो पाया है कि ये तालाब में कैसे डूबे न्यायाधीश नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय में दो नए न्यायधीशों की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है

श्री मिश्रा अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं जबकि श्री धगट को सिविल और आपराधिक मामलों कुशल माने जाते है

हालांकि मौसम वैज्ञानिक नवतपे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मानते हैं लेकिन जनश्रति में नवतपे के नव दिनों को अत्यधिक गर्मी वाले दिनों के रूप में जाना जाता है यह भी माना जाता है कि नवतपे के दौरान बारिश नहीं होने पर वर्षा के मौसम में अच्छी बारिश होती है

कहीं कहीं बादल छाने और तेज हवाएं चलने के साथ साथ ब्रूदाबांदी भी हो सकती है प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भी इन दिनों बढ़ौतरी हो रही है

कोई वेदर सिस्टम नहीं बनने नमी में कमी होने और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण आगामी कुछ दिनों में तापमान में गिरावट की कोई उम्मीद् नहीं है मौसम विभाग ने नवतपे के दिनों में तापमान में और वृद्धि होने के साथ साथ खरगोन छतरपुर दमोह और उमरिया जिलों में लू चलने की आंशका जताई है

भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोग बिजली सड़क पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के बारे में यहां शिकायत दर्ज करा सकते हैं